देहरादून से ओक तसरे विकास परियोजना का शुभारम्भ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा इस परियोजना से रोजगार के नये अवसर मिलेंगे बिना वैध अनुमति नदी में राफ्टिंग किए जाने की शिकायत पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में रिवर राफ्टिंग सहित अन्य जल खेलों पर लगाई रोक राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर जल संबंधी खेलों के लिए नई नीति बनाने को कहा

ऋषिकेश केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सिरोबगड़ के पास यातायात के लिए अवरूद्व

रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग जैसे साहसिक खेलों के नियमन की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार को दो हफ्ते के अंदर साहसिक खेलों के लिए पारदर्शी नीति बनाने का आदेश दिया है पीठ ने कहा कि जब तक यह नीति बन नहीं जाती है तब तक राज्य में रिवर राफिंटग और जल संबंधी अन्य खेलों की इजाजत नहीं होगी अदालत का यह आदेश एक जनहित याचिका पर आया है जिसमें गंगा नदीतल क्षेत्र में निजी पक्षों के पक्ष में अवैध लीज जारी करने का आरोप लगाया गया है याचिका में दलील दी गयी है कि गंगा नदी के तट पर निजी ढांचे खड़े किए गये हैं और बिना वैध अनुमति के निजी उद्यमी नदी में राफ्टिंग कराते हैं न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस फैसले का अध्ययन करने के बाद विभागीय अधिकारियों के जरिए रिवर राफिंटग के नियमों का पालन कराया जाएगा उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही हाईकोर्ट के दिशा निर्देशानुसार कार्य करेगी और ऐसी नीति तैयार करेगी जिससे किसी का कोई नुकसान न हो उच्च न्यायालय देहरादून में अंतिक्रमण को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने संबंधित विभागों को चार हफ्ते के अंदर सभी अनाधिकृत ढांचे हटाने के निर्देश दिए हैं न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया न्यायालय ने देहरादून नगर निगम मसुरी देहरादून विकास प्राधिकरण और राज्य सराकर के संबंधित अधिकारियों को सार्वजनिक फुटपाथों गलियों और सड़कों से अवैध अतिक्रमण हटाने को कहा है खंडपीठ ने मुख्य सचिव से उन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और उन पर जुर्माना लगाने के लिए एक नोडल एजेंसी बनाने को भी कहा जिनके कार्यकाल में राज्य सरकार निगम और वन की जमीन का अतिक्रमण किया गया

देहरादून सहित टिहरी रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में दोपहर के बाद मध्यम हवांओं के साथ बौछारें पड़ने के समाचार प्राप्त हुए हैं तेज बारिश के चलते ऋषिकेश केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सिरोबगड़ के पास मलवा आने से यातायात के लिए बाधित हो गया है राजधानी में तेज हवाओं के साथ अचानक हुई बारिश से आवाजाही करने वाले लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा इससे पहले सुबह के समय धूप खिली होने के चलते गर्मी महसूस हो रही थी उधर प्रदेश के अन्य हिस्सों में आसमान में आशिक तौर पर बादल छाए रहे इस बीच प्रदेश के मौसम विभाग का मानना है कि अगले कुछ दिनों में राज्य के कई हिस्सों में बारिश होती रहेगी विभाग का यह भी मानना है कि आने वाले दिनों में वर्षा की दर में बढ़ोतरी भी हो सकती है